सिंगल यूज प्लास्टिक यानी ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है स्वच्छता ही सेंवा अभियान के तहत प्रदेश में भी विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा सरपंचों को लिखे पत्र को पढ़ा जा रहा है प्रधानमंत्री ने मथुरा से राष्ट्रीय पश् रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत भी की इसका उद्देश्य पश्ञओं में खुरपका मुहपका और ब्रूसीलोसिस रोगो का उन्मूलन करना है कार्येक्रम के तहत पचास करोड़ से ज्यादा पशुओं को टीके लगाए जाएंगे मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री कमलनाथ झाबुआ से प्रदेश के शहरी आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने की योजना मुख्यमंत्री आवास मिशन शहरी का आज शुभारंभ कर रहे हैं

मिशन का उद्देश्य प्रदेश के सभी शहरों में गरीबों को आवासीय भूमि का पट्टा एवं पक्का आवास उपलब्ध कराना है पार्टी प्रदर्शन राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए आज भाजपा प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन कर रही है शिवपूरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ँ वहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टेट परिसर के बाहर हाथों में घट्टी और मंजीरे लेकर सरकार के खिलाफ अपना आकोश जताया जबलपुर नरसिंहपुर ग्वालियर में भी भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने जनता से र्जो वादे किये थे वो पूरे नहीं किये हैं उधर कांग्रेस की ओर से भी आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा है भोपाल में आयोजित प्रेसवार्ता में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष शोभा ओझा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के फैसलों का जीक करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य में प्रगति और खुशहाली को संदेश लेकर आई है मौसम भोपाल और आसपास के जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है विदिशा और रायसेन में बाढ़ के हालात बन गए हैं वहीं भोपाल में शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है भोपाल में आज सुबह भी तेज बारिश हुई

खंडवा जिले में भी बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है

आगरमालवा जिले में सभी शासकीय और प्रायवेट स्कूल में आज अवकाश रहा

मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है